प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार का पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा योजना का लक्ष्य गरीब और कमजोर वर्ग के दस करोड़ से अधिक परिवारों को इसके दायरे में लाना है स्वास्थ्य मंत्रालय नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरीय अधिकारियों ने राज्यों में इस योजना की तैयारियों और तकनीक के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री को दी मुजफ्फरपुर के स्वाधार गृह से ग्यारह महिलाओं और चार बच्चों के गायब होने के मामले में तिरहुत प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने आज स्थल निरीक्षण किया उन्होंने दंडाधिकारी के समक्ष गृह के कमरों को खूलवाकर जांच पड़ताल की मौके से कई दस्तावेज भी जब्त किये गये

उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता समेत लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी शामिल हैं इधर इस कांड के विरोध में सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारी समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे इधर इस मामले में पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट एसोसिएशन की पांच सदस्यीय टीम ने आज बालिका गृह का दौरा किया एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मामले की सीबीआई जांच पटना उच्च न्यायालय की निगरानी में करवाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया जायेगा

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की दो सदस्यीय टीम ने आज मोतिहारी में बालिका गृह का दौरा किया टीम के सदस्यों प्रेमा शाह और विजय कुमार रौशन ने बालिका गृह में रहने वाली किशोरियों के साथ बातचीत की और वहां की व्यवस्था का जायजा लिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अपने सुझाव और विचार नरेन्द्र मोदी ऐप तथा माई जी ओ वी पोर्टल पर साझा कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के हितों की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध है आज पटना में एससी एसटी उद्यमी योजना की शुरूआत करते हुये श्री कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिये केन्द्र सरकार ने संशोधन विधेयक लोक सभा में पेश कर दिया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना से युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को दस लाख रूपये तक का ऋण दिया जायेगा इसमें से पांच लाख रूपये की राशि विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान के रूप में उपलब्ध होगी

प्राधिकरण ने कहा है कि उसने किसी भी फोन निर्माता या दूर संचार सेवा प्रदाता से टोल फ्री नम्बर को मोबाईल फोन से जोड़ने को नहीं कहा है कई एण्ड्रॉयड मोबाईल फोन में अपने आप ही यूआईडीएआई के नाम से टोल फ्री नम्बर जुड़ जा रहा है जो प्राधिकरण का फोन नम्बर नहीं है प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उसका एक मात्र टोल फ्री नम्बर एक नौ चार सात है गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश मुकेश कुमार रसिक भाई शाह पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे राष्ट्रपति भवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है वहीं पटना उच्च न्यायालय के निवर्त्तमान मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन दिल्ली उच्च न्यायालय के नये मुख्य न्यायाधीश होंगे कर्नाटक के कलब्र्गी स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में हुये हादसे में मारे गये सभी छह मजदूरों का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है इनमें से चार मृतक बेगूसराय और दो खगड़िया के हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुये श्रम संसाधन विभाग को मृतकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति और मुआवजे की राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान कहीं कहीं पन्द्रह से बीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी आशंका है मौसम विभाग ने कहा है कि ट्रफलाईन मुजफ्फरपुर के ऊपर से गुजर रही है जिसका विस्तार राज्य के पश्चिमी हिस्से के ऊपर ही बना हुआ है इस कारण पिछले चौबीस घंटों से राज्य के कई हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश हो रही है गया के टेकारी में सबसे अधिक नौ सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी वहीं सिवान के सिसवन मधेपुरा और पश्चिमी चम्पारण के गौनाहा में सात सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गयी पूर्णियां में छह और खगड़िया तथा शिवहर में चार चार सेंटीमीटर बारिश हुई है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से राज्य की कई नदियाँ खतरे के निशान को पार कर गयी हैं केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकरी के अनुसार बागमती कोसी बूढ़ी गंडक कमला बलान लालबकैया और अधवारा समूह की नदियां प्रे उफान पर हैं बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में और दरभंगा के हायाघाट में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया वहीं कमलाबलान का जलस्तर मध्यबनी जिले के झंझारपुर में खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है इधर गंगा और सोन नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है गंगा नदी का जलस्तर मुंगेर भागलपुर और कहलगांव में लाल निशान के आसपास पहुंच गया है भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अन्तर्गत बारह जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में चार और ऐसे केन्द्र खोले जायेंगे इन केन्द्रों के खुल जाने से मरीजों को सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता की दवाईयां मिल रही हैं इन दवा दुकानों पर निजी कंपनियों की दवाइयाँ नहीं बिके इसके लिये सिविल सर्जन और अधीक्षक स्तर पर निगरानी की व्यवस्था की गयी है केन्द्र सरकार ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे केवल मान्यता प्राप्त ब्लड बैंकों से ही ब्लड प्राप्त करें मरीजों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने यह निर्देश जारी किया है समस्तीपूर जिले के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर पूलिस ने चौदह हजार बोतल शराब बरामद की है इस सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेहसौड़ी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर दो सौ चार बोतल शराब के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के पत्थरदेवा से एसएसबी के जवानों ने साढ़े सात सौ बोतल नेपाली शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है खगड़िया जिला परिषद् के उपाध्यक्ष मिथिलेश यादव को विश्वास प्रस्ताव में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है